प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज छतरपुर और मंदसौर में आमसभाओं को संबोधित करेगें छतरपुर की सभा में सागर संभाग के छतरपुर सहित पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के सभी भाजपा प्रत्याशी शामिल होगें प्रधानमंत्री दोपहर तीन बजे मंदसौर पहॅचेंगे जहां वो स्थानीय शासकीय कॉलेज ग्राउण्ड पर भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थन में प्रचार करेंगे मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में सुरक्षा के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं यहां बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे चप्पे पर सर्चिंग की सभा स्थल से आधा किलोमीटर दूर पार्किंग बनाई गई है लोगों की जांच के लिए चालीस मेडल डिटेक्टर लगाये गये हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है श्री शाह आज अशोकनगर शिवपुरी भिंड और मुरैना के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो में भाग लेंगे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आज सागर जिले के खुरई में विदिशा जिले की गंजबासौदा भोपाल के बैरसिया इन्दौर के राऊ और उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं भाजपा स्टार प्रचारक मनोज तिवारी सिंगरौली और अनूपपुर जिले में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री झाबुआ अलीराजपुर बडवानी खरगोन इन्दौर और देवास जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी भी कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं

सागर के बाद श्री गांधी दमोह पहॅचेंगे उसके बाद टीकमगढ़ और देर शाम छिन्दवाड़ा के सौसर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश दौरे पर हैं वे आज छतरपुर में सभा करेंगे

वहीं आज अशोकनगर में चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय कर्मचारियों द्वारा सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक डाक मत पत्रों के जरिए मतदान किया जायेगा अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय शासकीय नेहरू महाविद्यालय में डाक मत पत्र मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है ध्म्प्रपान स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त रखने के लिये संभाग आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किये हैं स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त डॉ पल्लवी जैन की ओर से ये निर्देश जारी किये गये हैं

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस ऐप से प्रत्येक वोटर मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से पहले अपनी बारी के लिए एक टोकन प्राप्त कर सकेगा

एंड्रॉइड फोन के प्लेस्टोर में जाकर एप डाउनलोड कर उपयोगकर्ता को अपने मोबाईल नम्बर से लॉगिन करना होगा

इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र हेत् पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही उपरोक्त एप का उपयोग किया जा सकेगा

इस जानकारी को प्रमुख स्थानों पर मतदान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा इज्तिमा कल से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय तब्लिगी इज्तिमा शुरू हुआ

विधानसभा निर्वाचन को देखते हए इज्तिमा कल देर शाम दुआ के साथ खत्म होगा महिला मुक्केबाजी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में भारत की एम सी मेरिकॉम और सोनिया चाहल स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी

उक्रेन की इस मुक्केबाज के साथ पिछले तीन महीने में मेरिकॉम का यह दूसरा मुकाबला होगा अब तक मेरिकॉम और केटी टेलर ने पांच पांच स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में एक और स्वर्ण पदक जीतकर मेरिकॉम इतिहास रचेंगी